इस दौरान कम जोखिम वाले जिलों में काफी छूट भी दी गई थी

हमारे संवाददाता ने बताया कि यह रेलगाड़ी बाद दो हर दो बजे रेलवे स्टेशन से रवाना हई गाड़ी से जाने वाले श्रमिकों को डाक्टरी जांच के बाद स्टेशन र लाया गा जाने वाले श्रमिकों को मास्क सब्रेटाइज़र और खाने पीने का सामान भी दिया गया है ताकि रास्ते में उनहें कोई अस्विधा न हो

आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों से विशेष रेलगाड़िय़ां मध्य प्रदेश और बिहार के लिए भेजी गई हण फरीदाबाद से आज सुबह दस बजे एक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी मध्य प्रदेश भेजी गई

एसडीएम जगाधरी दर्शन क्मार ने बताया कि रोहतक से इन्हें श्रमिक रेलगाड़ी दवारा बिहार भेजा जायेगा उधर भिवानी रेलवे जंक्श्न से बिहार के किशनगंज के लिए एक श्रमिक रेलगाड़ी को रवाना किया गया श्रमिकों के सम्मान में रेलगाड़ी र फूल बरसाये गये

आज जाब हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देशभर में अंतर र्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी इस अवसर र नर्सो की भूमिका की सराहना की हे जो कोरोना वायरस के खिलाफ योद्वा की तरह लड़ रही है

भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कादियान व रक्त बैंक प्रभारी डा मोनिका सांगवान ने बताया कि शिविर में स्टाफ नसों ने रक्त दान कर इस मुशकिल समय में रक्तदान का संदेश दिया

हिन्दस्तान स्काउट्स एवं गाईडस की लवल इकाई दवारा भी आज नागरिक अस् ताल में इस अवसर र रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉ रमेश प्रनिया को इयूटी से हटाने के मामले में जांच के आदेश दिए हथा

युवक के घर के आस शास के क्षेत्रों को सील किया जा रहा है